चार की स्थिति गंभीर

केन्द्र सरकार ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अठारह के अभियान का शुभारंभ किया पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा उन्होंने बताया कि स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से गांवों में गुणात्मक और मात्रात्मक मुल्यांकन के आधार पर सभी जिलों और देश के राज्यों का वर्गीकरण किया जाएगा श्री अय्यर ने बताया कि यह वर्गीकरण स्वच्छता के प्रति नागरिकों की सोच और सार्वजनिक स्थानों पर सर्वेक्षण सहित स्वच्छता मानकों पर आधारित होगा उन्होंने कहा कि आकलन के मानकों में शौचालय की उपलब्धता उनके इस्तेमाल और साफ सफाई शामिल होंगे केन्द्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने प्रदेश के तीन प्रस्तावित पुलों को इस साल की कार्ययोजना में शामिल किया है ये तीनों पुल गंगा कोसी और सोन नदी पर बनेंगे तीन हजार एक सौ तेईस करोड़ रुपये की लागत से गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर और फुलौत में एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ रुपये की लागत से कोसी नदी पर पुल का निर्माण किया जायेगा इसके अलावा पंडुका में सोन नदी पर पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण का प्रस्ताव है नौ सौ साठ करोड़ रुपये की अन्य योजनाएं भी इस कार्ययोजना में शामिल है इसमें पटना के अनिसाबाद से एम्स तक और राजगीर में एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है इसके अलावा मधेपुरा में भी एक एलिवेटेड रोड बनाया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया संचार हब बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है न्यायालय ने कहा कि सरकार लोगों के व्हाट्सअप संदेशों की जानकारी इकट्ठा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है याचिका में कहा गया है कि संचार हब बनाने के फैसले से लोगों की डिजिटल और सोशल मीडिया पर दिए गए संदेशों की जानकारी एकत्र की जा सकेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अजंता गुफा लेह पैलेस और ताजमहल को छोड़कर केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और धरोहरों के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति देने के संस्कृति मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ऐसा करना बेहद जरूरी था उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय धरोहरों को देखना चाहिए और अच्छी यादों को लेकर लौटना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का यह भी मतलब है कि अधिक से अधिक लोग सुन्दर और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीर या चित्र देखकर उन स्थलों के भ्रमण की योजना तैयार करें लखीसराय जिले में बड़हिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की एक सौ तीस छात्र छात्राएं विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गये हैं जिनमें से चार छात्राओं की स्थिति गंभीर है अनुमंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद ने बताया कि कल रात विद्यालय के कैंटीन में सभी विद्यार्थियों शिक्षकों प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों ने चावल मटर पनीर की सब्जी दाल तड़का और रायता खाया जिसके बाद कुछ लोगों ने देर रात पेट में दर्द होने की शिकायत की बाद में सबों को बड़हिया स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया जिलाधिकारी के आदेश के बाद खाद्य निरीक्षक ने पकाये गये खाने का नमूना ले लिया है जिसकी जांच करायी जायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भी पानी की जांच करने को कहा गया है इधर एहतियात के तौर पर स्कूल को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है प्रदेश से हज यात्रियों की रवानगी कल से शुरू हो रही है हज यात्रियों का पहला जत्था पटना के हज भवन से सड़क मार्ग से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जायेगा जहां से सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए सीधी विमान सेवा की व्यवस्था की गयी है हज भवन में हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं हज यात्रा से पूर्व पटना स्थित हज भवन में विशेष मजलिस का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं हज यात्रियों की सुविधा के लिए पटना के हज भवन के अलावा गया मे भी आवश्यक इंतजाम किये गये हैं कुलाधिपति सह राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पन्द्रह जुलाई को आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की श्री मलिक ने अधिकारियों से स्वच्छ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को कहा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नब्बे हजार तीन सौ पचास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है परीक्षा के लिए राज्य भर में एक सौ बाईस केन्द्र बनाये गये हैं प्रदेश में फर्जी मेडिकल कॉलेज चलाने के आरोप में सीबीआई ने आरा और मुजफ्फरपुर के दो संस्थानों के प्राचार्य और अन्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गयी

पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में सरकार से पूछे गये सवाल के जवाब में कहा गया कि वीआईपी मूवमेंट के समय ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे आम लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र में उन्नीस हजार सात सौ इक्हत्तर करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई विशेष बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

श्री कुमार ने कहा कि सरकार की इस योजना से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपूर द्वारा बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के शुल्क में व्रद्वि के फैसले के खिलाफ छात्रों ने आज कुलपति के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार पटना में गर्मी ने जुलाई महीने में पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पटना का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है जो जुलाई महीने में पिछले पांच सालों के दौरान सबसे अधिक है मौसम विभाग के अनुसार लोकल सिस्टम विकसित होने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं ठाकुरगंज और तैयबपुर में छह छह सेंटीमीटर और झंझारपुर में तीन सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के पाना छपरा गांव में वाया नदी के तटबंध में दरार आ जाने से बाढ़ का पानी दर्जनों घरों में प्रवेश कर गया है लोग ऊॅचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मचारी तटबंध की मरम्मत में जुटे हैं इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की अधिकतर नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे है हालांकि कोसी नदी बसुआ और बलतारा में अब भी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है वहीं अधवारा समूह की नदियां कमतौल में बागमती नदी बेनीबाद में गंडक ड्मरिया घाट में और घाघरा नदी दरौली में लाल निशान के करीब है शेखपुरा जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन आरोपियों को दो दो साल कारावास की सजा सुनायी है रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरक्षिणी से पुलिस ने सोलह कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक युवक को चोरी के चार पहिया वाहनों और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है अरवल जिले के करपी थाना अध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पूर्वी चंपारण जिले के सभी सताईस प्रखंड जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ गये हैं अररिया जिले के आर एस ओपी क्षेत्र के हरियाबाड़ा में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गयी

रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे अंतर जिला लूटेरा गिरोह के सोलह सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का किया शुभारंभ

चार की स्थिति गंभीर